केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में प्रतिवर्ष पन्द्रह से बीस प्रतिशत की हो रही है वृद्धि

प्रदेश सरकार राज्य के सभी गांवों में पाइप के माध्यम से मुहैया करायेगी शुद्ध पेयजल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति और यांत्रिक बुद्वि यानी आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आयेगी कल नई दिल्ली में चौथी औघोगिक क्रांति केन्द्र के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री फोर पाइंट जीरो यानी चौथी औद्योगिक क्रांति में दर असल वह क्षमता है जो मानव जीवन का वर्तमान और भविष्य बदल सके उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसस्किो टोक्यो और पेइविंग के बाद इस चौथे केन्द्र के शुरू होने से भविष्य में असीम संमावनाओं के द्वारा खुल गये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इंटरनेंट ऑफ थिंग्स ब्लाकचेन और बिग डाटा जैसे उमरते तकनीक के नये क्षेत्र भारत को विकास के शिखर पर ले जा सकते हैं इससे लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार आयेगा ऑर्टिफिशियल इंटेलेजंस मशीन तर्निंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्लॉक चेन बिग डेटा और ऐसी तमाम नई तकनीकी में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को कृषि परिवहन और अन्य क्षेत्रों में लाम मिलेगा उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह मात्र औद्योगिक परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन लेकर आयेगा श्री मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत में ऐसे सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है जो कभी बदले नहीं जा सकेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जैसे जैसे इन क्षेत्रों में प्रगति होती है हमारा एक लक्ष्य होगा सॉल्व फॉर इंडिया सॉल्व फॉर दि वर्लड यानी भारत के लिए हल करो विश्व के लिए हल करो प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया आंदोलन के कारण इंटरनेट भारत के गांवों में पहुंच चुका है

इन क्षों में भारत सरकार ने तीन लाख किलोमेटर से ज्यादा ऑपटिकल फाइबर बिछाया है इसी का परिणाम है आज एक लाख से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑपटिकल फाइबर पहुंच चुका है श्री मोदी ने भारत में डिजिटल ब्नियादी ढांचे की चर्चा करते हुए आघार एकीकृत भूगतान इंटरफेस यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय क्रषि बाजार और सरकारी ई बाजार सहित जैसे उसके विमिन्न इंटरफेस का उल्लेख किया ज्यादा से ज्यादा लोग तेजी के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं भारत के डिजिटल इक्फास्ट्रक्वर ने देश के स्टार्टअप को इन प्लेटफार्म पर इनोवेट करने का मौका दिया ये इनोवेशन्स देश के एम एस एम ई सेक्टर को मजबूत करने का भी काम कर रहे है रस्सबका साथ सबका विकासस के विजन पर चलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलजेन्स फॉर ऑल का नाम दिया गया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि कर संग्रह में प्रतिवर्ष पन्द्रह से बीस प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हो रही है नई दिल्ली में महालेखाकारों के उन्तीसर्वे सम्मेलन के समापन समारोह को कल संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि कड़ाई से नियमों का पालन करने के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हो रही है श्री जेटली ने कहा कि जब एनढीए सरकार सत्ता में आई तब देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कल तीन करोड़ अस्सी लाख थी जो पिछले चार वर्षो में बढ़ कर छह करोड़ छियासी लाख हो गई है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताम कांत ने कहा है कि प्रौद्योगिकी संबंदी बाघाओं से परम्परागत रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा नई दिल्ली में जी ट्वन्टी के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों को परिवर्तन के लिए आगे आना चाहिए और नवाचार तथा विकास के बीच संतुलन बनाना चाहिए श्री अभिताम कात ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए रोजगार के नये अवसरों का सुजन करना होगा

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी इलाका पेयजल के अमाव से नहीं जूझेगा और गांव गांव तक साफ पानी पहचाया जायेगा

एक टवीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि जय प्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता सेनानी और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में राष्ट्र को प्रेरित किया श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप के प्रति उनकी निष्ठा को हमेशा याद किया जाएगा प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हे यद करते हुए श्रद्वाजल दी

बड़ी संख्या में श्रद्वालु शक्तिपीठो और देवी मंदिरों में मॉ भगवती के स्वरूप मॉ चन्द्वघण्टा की पूवा अर्वना कर रहे हैं सभी देवी मंदिरों में श्रद्वाकुओं की भारी भीड़ लगी हुई है

महराजगंज जिले के आद्ववन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर में भी व्रममुद्वत से ही श्रद्वालूओं ने दर्शन पूजन कर रहे हैं

वराणसी के दुर्गकुण्ड में श्रद्वालु पूजा अर्वना कर रहे हैं